उनके साथ उनकी पत्नी मेलानिया बेटी इवांका दामाद जेरेड कश्नेक और प्रशासन के शीर्ष अधिकारी भी आ रहे है अहमदाबाद में श्री ट्रम्प साबरमती आश्रम जायेंगे और प्रधानमंत्री के साथ रोड शो में भाग लेंगे दोनो नेता मोटेरा किकेट स्टेडियम में नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों को संबोधित करेंगे इस कार्यक्रम के बाद ट्रम्प पहले आगरा और बाद में दिल्ली जायेंगे जहां उनके और श्री मोदी के बीच प्रतिनिधि मण्डल स्तर की वार्ता होगी राज्य सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य पर्यावरण योजना और हर जिले के लिए जिला पर्यावरण योजना बनाएगी साथ ही वनों की उत्पादकता और लघ् वन उपज बढ़ाने के लिए राज्य वन विकास निगम की स्थापना भी की जायेगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल बीकानेर जिले के मुकाम गांव में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के अधिवेशन में ये घोषणा की मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्नोई समाज के संस्थापक संत श्री गुरू जम्मेश्वरजी ने वन वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का महान संदेश दिया था उनके सिद्धांत और नियम आज की सबसे बडी आवश्यकता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार अपनी नीतियों के माध्यम से उद्योग और व्यापार जगत को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही हैं मुख्यमंत्री ने कल जयपूर में राजस्थान खाद्य पदार्थ संघ की ओर से आयोजित ट्रेड एण्ड टेक्नोलोजी विषय पर प्रदर्शनी का अवलोकन किया इस अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक मंदी के दौर में राजस्थान सरकार द्वारा लागू एमएसएमई एक्ट और सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने वाली नीतियों की देशभर में सराहना हुई है कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री बी ड़ी कल्ला ने कहा कि स्वस्थ्य रहने के लिए सात्विक आहार अपनाना जरूरी हैं उन्होंने व्यापारियों से आहवान किया कि वे किसानों को जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करें अब खबरें एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत विभिन्न राज्य एक दूसरे की कला संस्कृति से रूबरू हो रहे है केन्द्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के जोडे बनाये गये है हमारा देश विविधता में एकता की विशेषता लिये हुए है और यही विशेषता इसे विश्व मंच पर और खास बना देती है

गौरतलब है कि इस अभियान के तहत राजस्थान का साझेदार राज्य असम को बनाया गया है

हर काम देश के नाम श्रृंखला के तहत आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है

योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष दो दो हजार रूपये की तीन किश्ते चार महीने के अंतराल पर जमा कराई जाती है अब तक इस योजना से करीब साढे आठ करोड किसानों को लाभ मिल चुका है